मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान बारिश का अनुमान जताया बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 साउंड बाईट केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नए कृषि कानून से कृषि के क्षेत्र में नई क्रांति आयेगी और किसानों का जीवन खुशहाल होगा श्री प्रसाद ने कहा कि विपक्षी दल किसानों को कानून के विरूद्ध भ्रमित कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री कृषि कानून के पक्ष में बिहार भाजपा की ओर से बख्तियारपुर में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे

कृषि कानून के पक्ष में प्रदेश भाजपा की ओर से आज से पच्चीस दिसंबर तक राज्यभर में किसान रैली और सभा का आयोजन प्रारम्भ किया गया है तेरह दिनों तक चलने वाले इस आयोजन के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में नब्बे से अधिक सभाएं करेंगे इस कानून के समर्थन में हर जिले में किसान सम्मेलन किया जायेगा वहीं सभी विधानसभा क्षेत्र में किसान पंचायत का आयोजन भी होगा प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव तीन दो प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक दो लाख छत्तीस हजार सात सौ सैंतीस मरीज ठीक हो चुके हैं वर्तमान में कोविड उन्नीस के सक्रिय मरीजों की कुल संख्या पांच हजार एक सौ नवासी है इधर प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के पांच सौ नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक एक सौ सतहत्तर मामले पटना में सामने आये हैं वहीं मुजफ्फरपुर में बाईस गया में बीस पूर्णिया में उन्नीस सुपौल में अठारह कटिहार में पंद्रह और बांका तथा सीवान में चौदह चौदह मामलों की पुष्टि हुई है वहीं अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले मिले हैं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि पहले चरण में बिहार को सात लाख कोविड वैक्सीन की खुराक उपलब्ध कराई जायेगी वहीं दूसरे चरण में राज्य को एक करोड़ वैक्सीन का टीका प्रदान किया जायेगा श्री चौबे ने राज्य में टीकों की आपूर्ति और भंडारण की तैयारी पर संतोष व्यक्त किया है केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आवश्यकतानुसार सभी का टीकाकरण किया जायेगा

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अब तक एक करोड़ पैंतालीस लाख से अधिक लोगों का नकदरहित इलाज किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड उन्नीस ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सशक्त बनाने और सभी लोगों तक स्वास्थ्य सेवायें पहुंचाने की आवश्यकता बढ़ा दी है आयुष्मान भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदू भूषण ने कहा कि कोविड मरीजों को भी इस योजना का लाभ मिला है साउंड बाईट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना को लागू किए हुए दो साल से अधिक हो गया है और इन दो सालों में इस योजना के अंतर्गत लगभग डेढ़ करोड़ ऋण दिए गए हैं

एक जो टेस्टिंग और ट्रीटमेंट है उसको इस योजना में शामिल किया गया है कि जो भी व्यक्ति जो हमारे लाभार्थी है अगर उनको ऐसी जगह पर जहां पर टेस्टिंग और ट्रीटमेंट कराना है जहां पर ये फ्री नहीं है वो इस योजना के अंतर्गत कर सकते हैं और हजारों की संख्या में योजना के अंतर्गत कोविड में लाभ लिया है इसके अतिरिक्त हमने जो हमारे हेल्पलाइन है हमारा जो कॉल सेंटर है उसके माध्यम से कोविड के बारे में लोगों को सूचना दी है और हमारे पास जो डेटा बेस है जिसमें कि हमको यह पता है कि किस तरह के लोग कोविड में कोमोबिटी की वजह से उनको ज्यादा परेशानी हो सकती है तो उनको हमने विशेष सहायता दी है और उनको कॉल करके कोविड के बारे में ज्ञान दिया है प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है मतदाता सूची के प्रकाशन की अंतिम तारीख उन्नीस फरवरी दो हजार इक्कीस तय की गई है राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल वोटर लिस्ट ही पंचायत चुनाव के लिये भी मान्य होगा इसी आधार पर ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद के लिये भी वोटर लिस्ट उसकी भौगोलिक सीमा के अनुसार तैयार की जायेगी आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर दो हजार बीस प्रस्तुत कर रहा है वैश्विक महामारी कोविड इस वर्ष की सबसे बड़ी खबर रही है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रखर नेतृत्व में भारत ने इस महामारी से निपटने में कारगर ढंग से संघर्ष किया है इस दिशा में तेजी से कार्य करते हुए बारह मई को प्रधानमंत्री ने नागरिकों की चिन्ताओं को दूर करने के लिए बीस लाख करोड़ रुपये के एक विशेष व्यापक आर्थिक पैकेज की घोषणा की साउंड बाईट यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्मर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा साथियों हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का एलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो यह करीब करीब बीस लाख करोड़ रुपये का है

संसद भवन पर दो हजार एक में हुए कायरतापूर्ण हमले को विफल करने में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को आज कृतज्ञ राष्ट्र ने श्रद्वापूर्वक याद किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश उन वीर शहीदों का स्मरण करता है जिन्होंने दो हजार एक में आज ही के दिन संसद भवन की रक्षा करते हुये अपने प्राण न्योछावर कर दिये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद भवन पर किए गए कायरतापूर्ण हमले को देश कभी नहीं भूल सकता उन्होंने कहा कि संसद की रक्षा करने वाले लोगों की वीरता और बलिदान को हम सदा याद रखेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा राष्ट्र उन शहीदों का ऋणी रहेगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सुरक्षाकर्मियों की कर्तव्य निष्ठा और वीरता हमें आतंकवाद से लड़ने के लिए हमेशा प्रेरित करेगी और हमारे संकल्प को दृढ़ करेगी इस अवसर पर संसद भवन परिसर में श्रद्वांजलि सभा भी आयोजित की गई

तीस मिनट तक चले इस आंतकी हमले में लश्करे ए तैयवा और जैश ए मोहम्मद के पांचों आंतकियों को सुरक्षाकर्मियों ने ढेर किया संसदीय सुरक्षा सेवा के दो कर्मी जगदीश प्रसाद यादव और मातवर सिंह नेगी दिल्ली पुलिस के पांच कर्मी नानक चंद रामपाल ओमप्रकाश विजेन्दर सिंह और घनश्याम और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी इस आतंकी हमले में शहीद हो गए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के माली देशराज की भी इस घटना में मृत्यु हो गई पत्रकार विक्रम बिस्ट जो इस घटना के दौरान घायल हो गए थे बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया आतंकी हमले के समय संसद भवन में करीबन सौ सांसद मौजूद थे अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार दिल्ली पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट हो रही है मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले दो दिनों तक राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में हल्के बादल छाये रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है मौसम वैज्ञानिक चंदन कुमार ने बताया कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच अंतर कम होने से ठंड बढ़ेगी

वहीं गया का न्यूनतम तापमान नौ दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया रेल मंत्रालय ने कहा है कि सभी एक्सप्रेस रेलगाडियों त्यौहारी विशेष रेलगाडियों और जुडवां विशेष रेलगाडियों के पूर्ण आरक्षित रेलगाडी परिचालन संबंधी नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है मंत्रालय का कहना है कि मीडिया के एक वर्ग में अनारक्षित टिकट जारी करने संबंधी कुछ रिपोर्ट आई हैं रेल मंत्रालय ने कहा है कि जोनल रेलवे को कुछ मंडलों में चल रही स्थानीय यात्री रेलगाडी और शहर के बाहरी इलाकों में चल रही रेलगाडियों के लिए अनारक्षित टिकट के अनुमति दी गई है अन्य सभी रेलगाडियां पूर्ण आरक्षण व्यवस्था पर ही चलेंगी मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर थाना क्षेत्र के मीनापुर में रघईघाट के पास बाईक सवार अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी भागलपुर के पुलिस उप महानिरीक्षक सुजीत कुमार ने जेल मैन्युल के उल्लंघन के आरोप में बिहपुर के पूर्व थानाध्यक्ष रंजीत कुमार मंडल को सेवा से बर्खास्त कर दिया है पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में श्रम विभाग ने बाल श्रमिकों के विरूद्व चलाये गये अभियान में अठारह प्रतिष्ठानों से छब्बीस बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है बक्सर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुये पराली जलाने के आरोप में एक सौ दस किसानों का निबंधन रद्द करते हुये उन्हें तीन वर्षो के लिये कृषि अनुदान से बंचित कर दिया है

मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान बारिश का अनुमान जताया